इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन को वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए हमें कृत संकल्पित होकर कार्य करना होगा श्री मोदी ने कहा कि अपने केवड़िया प्रवास के दौरान सरदार सरोवर डैम की मैनें भव्यता देखी है आजादी के बाद विपरीत परिस्थियों के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है इस डैम से गुजरात मध्यप्रदेश और राजस्थान को सिंचाई की सुविधा मिल रही है इसी बांध में बिजली पैदा हो रही है जिससे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ हो रहा है इंदौर में संविधान दिवस पर पश्चिम रेल मंडल के इंदौर स्टेशन पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने संविधान का पालन करने की शपथ ली शिवपूरी जिले में आज संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने संविधान की उद्देशिका का वाचन कर अधिकारियों को शपथ दिलाई इसी तरह का कार्यक्रम रीवा उज्जैन सहित अन्य जिलों में भी हुए सौर यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री भी प्रतिकात्मक रूप से इस यात्रा में शामिल हुए इस अवसर पर सौर ऊर्जा से संचालित बस का प्रदर्शन भी किया गया एनर्जी स्वराज यात्रा प्रदेश के खरगोन जिले के प्रोफेसर चेतन सोलंकी निकाल रहे हैं

शुक्रवार तक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख के पार हो जाने की आशंका है

होशंगाबाद में कोरोना काल के कारण हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा तवा के संगम बांद्राभान में लगने वाला मेला इस बार नहीं होगा इसे देखते हुए प्रशासन ने मेले को स्थगित कर दिया है स्नान पर भी पूर्ण बन्दी रहेगी

जबलपुर के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने केंद्रीय कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है इस एक्ट से न तो मंडियां बंद हो रही है और न ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो रही है बल्कि इस एक्ट के जरिए किसानों को और सुविधाएं भी मिलनी है प्रभारी मंत्री आज कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं

इन हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्वांजलि देने के लिए मुंबई पुलिस कार्यक्रम आयोजित कर रही है